सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी

जगह जगह आयोजित हो रहे हैं सास्कृतिक कार्यक्रम सत्र तैयारी राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से चमोली जिले के भराणीसैण में शुरू हो रहा है सत्र की शुरूआत राज्यपाल बेबीरानी मौर्य के अभिभाषण से होगी इसके लिए राज्यपाल बेबीरानी मौर्य भराणीसैंण पहुंच गई है आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल भी भरणीसैंण पहुंचे

इस बीच चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बजट सत्र को देखते हुए सभी व्यवस्थायें कर दी गई है किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए नोडल अफसर तैनात किये गये है निरीक्षण प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज भराड़ीसैण स्थित विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने पत्रकारों दर्शकों एवं अधिकारियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बजट सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है कुपोषण मुक्त भारत केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत उधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में पोषण मेले का आयोजन किया गया इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि पोषण अभियान के तहत समाज को जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया जो पूरी तरह सफल रहा क्षेत्र की महिलांए बताती हैं कि सरकार की इस योजना का वे लाभ उठा रही हैं और यह योजना देश को कुषोषण से मुक्त करने का एक बेहतर प्रयास है

रविवार को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने संयुक्त रूप से मुनिकीरेती में सात दिवसीय योग महोत्सव का शुभारम्भ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को योग के केंद्र और ऋषिकेश को विश्व योग के केंद्र बिंदु के रुप में स्थापित करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया है और अब योग को पर्यटन से जोड़ने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य में आध्यात्मिक योग के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जॉर्जिया राजदूत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से कल मुख्यमंत्री आवास में भारत में जॉर्जिया के राजदूत आर्चिल दजुलियाश्विली ने शिष्टाचार भेंट की इस अवसर पर राजदूत आर्चिल दजुलियाश्विली ने मुख्यमंत्री से जॉर्जिया और उत्तराखण्ड के बीच रक्षा एंटी क्लाउड बर्स्ट एंटी फॉरेस्ट फायर और एंटी हेल स्टॉर्म तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं पर विस्तृत चर्चा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने उनका उत्तराखण्ड आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि जॉर्जिया और उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां समान हैं राज्य आपदा की दृ ष्टि से उत्तराखंड काफी संवेदनशील है उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में एंटी क्लाउड बर्स्ट और एंटी हेल स्टॉर्म तकनीक उत्तराखण्ड के बहुत काम आ सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी क्लाउड बस्ट तकनीक को केदारनाथ सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित कर डेमो लिया जा सकता है

यह पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है कुल राजस्व में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर लगभग बीस हजार करोड़ रुपये है राज्य वस्तु और सेवा कर लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपये है और एकीकृत वस्तु और सेवाकर लगभग अड़तालीस हजार करोड़ रुपये है वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी के दौरान घरेलू लेन देन से जीएसटी राजस्व में पिछले साल के फरवरी महीने की तुलना में बारह प्रतिशत की वृद्धि हुई है

प्रदेश में होली का विशेष महत्व है यहां परपरांगत तौर तरीकों से होली मनाई जाती है होली से पूर्व कई सामाजिक संगठन भी होली के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते है जिसमें यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आपसी कड़वाहट को भुलाकर होली के रंगों की तरह हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिये देहरादून में एक सामाजिक संस्था ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही महिला और पुरुषों ने परंपरागत परिधानों में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया जनता दरबार रूद्रप्रयाग जिले के विकास भवन में आज सामान्य लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने लोगों की समस्याओं को सुना

जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्धारित एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं खेलो इंडिया देश में खेल की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने पूरे देश में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है इसके सार्थक परिणाम अब प्रदेश में भी देखने को मिल रहे है पौड़ी जिले के ग्राम बकरोड़ा में युवाओं ने खेलो इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर एक किक्रेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जिसमें आसपास ग्राम पंचायतों से कई युवाओं की टीमों ने प्रतिभाग किया एक बड़े खेत को मैदान के रुप में तैयार करने के बाद सीमित संसाधनों में एक बेहतर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई मौसम राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब मौसम साफ होने लगा है जिसके चलते ठण्ड से राहत मिली है आज देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है